प्रदेश में सघन टीकाकरण अभियान मिशन इन्द्रधनुष का दूसरा चरण शुरू बच्चों और गर्मवती महिलाओं को दस जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए लगाए जायेंगे निशुल्क टीके केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा शिक्षण संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाए विपक्ष मौसम विमाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के क्छ हिस्सों में वर्षा और ओलावृष्टि की सम्मावना व्यक्त की श श प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कुछ भ्रष्ट इकाईयों के खिलाफ कार्रवाई को उद्योग और व्यापार क्षेत्र के खिलाफ सरकारी कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए नई दिल्ली में कल किर्लोस्कर ब्रदर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास ऐसा पारदर्शी वातावरण तैयार करने का रहता है जिसमें भारतीय उद्योग बिना किसी भय और रूकावट के आगे बढ़ सकें

देश के लोगों को उनका सही सामर्थय तभी सामने आ सकता है जब सरकार इंडियाइंडियन और इंडस्ट्रीज के आगे बाघा बनकर नही बल्कि उनका साथी बनकर के खड़ी रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर प्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने जवाबदेही तथा करदाताओं और कर विमाग के बीच मानव हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए नई प्रणाली विकसित की जा रही है उन्हॉने कहा कि इस समय देश में कॉरपोरेट कर अब तक के सबसे निचले स्तर पर है उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुना कर पचास खरब डॉलर का बनाने का लक्ष्य मात्र एक पड़ाव है जबकि यह लक्ष्य इससे भी बड़ा है प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से निराशा की भावना त्यागने का भी अनुरोध किया प्रशासन के लिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एन डी ए सरकार व्यापारियों के हितों की सुखा और कारोबार करने को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्व है नई दिल्ली के रामलीला मैदान में तीन दिन के राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन के उदघाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री ने यह बात कही इस सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने किया है सम्मेलन में व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जायेगा प्रदेश में सघन टीकाकरण अमियान मिशन इंद्रघनुष के दूसरे चरण की कल शुरूआत हो गयी बलिया में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बच्चों को पोलियोरोवी दवा पिलाकर सघन मिशन इंद्रधनूष के दूसरे चरण का श्मारम किया जिलाधिकारी ने अभियान से संबद्द अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस चरण में हर हाल में टीकाकरण से वंवित बच्चों और गर्मवती महिलाओं को टीकाकरण मुहैया कराया जाए जिला प्रतिस्वण अधिकारी डॉ ए के मिश्रा ने बताया कि नवजात शिषुओं और बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए संपूर्ण दीकाकरण अत्यंत आवश्यक है अभियान के अंतर्गत दस प्रकार की जानलेवा बीमारियों जैसे पोलियो टिटनेस काली खांसी निमोनिया डिप्थीरिया टी बी खसरा मेनिनजाइटिस इंसेफ्लाइटिस और हेपिटाइटिस बी से बचाव के टीके निशुल्क लगाए जाते हैं मऊ में जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने कल बच्चों को पोलियो रोघी दवा पिलाकर सघन मिशन इंद्रघन्ष अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत की हरदोई में मुख्य विकित्साधिकारी ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाने के अभियान का शुमारम किया जनपद में अभियान के पहले चरण में छूट गए पंद्रह हजार से अधिक बच्चों और तीन हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को इस चरण में टीके लगाए जाएगे अगले सात दिनों तक जिले के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ दो हजार से अधिक स्थानों पर बच्चों और गर्मवती माताओं को टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा बदायूँ में मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत ने अभियान की शुरूआत की प्रदेश के अन्य जिलों में भी कल से सघन टीकाकरण अभियान की शुरूआत हो गयी

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई कल उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया यह वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश असम हिमाचल प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और त्रिपुरा को राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से दी गई है देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर श्रहीद चंद्रशेखर आजाद की एक सौ चौदहवीं जयंती के अवसर पर उन्नाव के उनके जन्म स्थान गांव बदरका में तीन दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद स्मारक ट्रस्ट समिति की ओर से आयोजित इस समारोह का श्मारंभ जिलाधिकारी देवेन्द्र कुमार पांडे ने किया कार्यक्रम के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के विचानसमा अध्यक्ष हदय नारायण दीक्षित और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना समेत देश के अन्य गणमान्य व्यक्ति आज शहीद ए आजम को श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि वे देश के शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं छात्रों के जीवन पर नकारात्मक प्रमाव डालती हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्षी दल देश के शिक्षण संस्थाओं में पढने वाले छात्रों को राजनीतिक मोहरे के रूप में उपयोग नहीं करेंगे शैविक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाये इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है उनकी प्रगति पर असर पड़ता है मैं आशावादी हूं कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जायेगा केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी कल एक दिवसीय दौरे के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं श्रीमती ईरानी ने राजस्थान के कोटा में नवजात बच्चों की मौत पर कहा कि इसके लिए राजस्थान के स्वास्थ्य विमाग के अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं इससे पूर्व श्रीमती ईरानी ने फ्रसतगंज में रैनबसेरे का उद्घाटन किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से मुलाकात कर के स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली केंद्रीय मंत्री ने अमेठी में गरीब और निराम्रित लोगों को कबल भी बांटे प्रदेश में बाणसागर नहर परियोजना से लगभग डेढ़ लाख हेक्टयर सिंवाई क्षमता में बढ़ोत्तरी हई है प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष जलाई में इस परियोजना का लोकार्पण किया था सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि जनपद मिर्जापुर और प्रयागराज में लगभग एक लाख सत्तर हजार किसानों को इस परियोजना से सिंचाई सुविवा उपलब्ध कराई जा रही है इस परियोजना से इन दोनों जनपदों में डेढ़ लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है बाणसागर नहर परियोजना प्रवानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत शामिल है

उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता श्री तिवारी नागरिकता संशोधन कानन के बारे में लोगों को तथ्यों से अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्य्यापी जनसंपर्क अमियान के अंतर्गत कल अयोध्या पहुंचे थे श्री तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देश के विमाजन के समय भारत और पाकिस्तान की सरकारों से अपने अपने देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने को कहा था उन्होंने यह भी कहा था कि अगर अत्यसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताहित किया जाता है तो ये भारत आ सकते हैं और भारत उनका स्वागत करेगा श्री तिवारी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानन लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कार्य किया है उन्होंने कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए लाया गया है उन्होंने विपक्षी दलों पर समाज को बांटने का आरोप लगाया श्री तिवारी ने कहा कि फ्र्यानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी दिशा में निरन्तर कार्य कर रहे हैं प्रदेश के परिचमी जनपदों मेरठ बिजनौर शामली बदायूं और आसपास के क्षेत्र में कल हुई बारिश ने एक बार फिर गलन बढ़ा दी है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्वोम के कारण अगले तीन दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचल के कुछ हिस्सों में वर्षा और ओलावृष्टि हो सकती है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान राज्य में नजीबाबाद सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बहराइच में न्यूनतम तापमान छह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस बरेली में सात दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस और प्रयागराज में आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान नौ दरामलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा